गांधी सप्ताह के तहत आज भी हो रहे है कई कार्यक्रम परिवहन विभाग रैली निकालकर दे रहा है जागरूकता का संदेश

कल अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लेने का आग्रह करते हुए कहा कि एसयुपी पर्यावरण के लिए बडा खतरा है

श्री मोदी ने बताया कि सरकार देश में तीन लाख करोड रूपए खर्च कर जल जीवन मिशन शुरू करने की योजना बना रही है उन्होंने लोगों से जल संरक्षण अभियान में बढ चढकर भाग लेने का आग्रह किया

जयपुर में इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इसके बाद विशाल पदयात्रा निकाली गयी इसमें मख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे और मंत्रीमंडल के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी गांधी जयंती के अवसर पर कल से गांधी संकल्प पदयात्रा शुरु की

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कल बूंदी के केशोरायपाटन में आयोजित पद यात्रा में भाग लिया इधर परिवहन विभाग की ओर से गांधी सप्ताह की शुरूआत आज से हो रही है इसके तहत आज अल्बर्ट हॉल से साईकिल रैली के जरिये जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है

उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब राज्य के महाविद्यालयों मे गांधीजी को श्रद्धा से स्मरण करते हुए स्वप्रेरित होकर इतनी अधिक संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया है

उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की लत र्राकने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है महाराष्ट्र बिहार के बाद राजस्थान देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां इन उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध है उन्होंने कहा कि ऐसी घटिया सामग्री की बिक्री को नियंत्रित करने के साथ ही चोरी के माले की बिक्री पर सख्ती बरतते हुए पूरी तरह से रोक लगाने की कार्ययोजना बनाई जा रही है गौरतलब है कि इससे पूर्व सरकार ने ई सिगरेट और हुक्का बारों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है

उन्होंने जवाहर कला केन्द्र में योजना के पोस्टर कॉ विमोचन किया

प्रदेश के जयपुर को पहला और जोधपुर रेलवे स्टेशन को दूसरा स्थान मिला है जयपुर के ही दूर्गापुरा रेलवे स्टेशन को तीसरा स्थान मिला है उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत की पहल पर स्टेशनो के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के आधार पर किये गये सर्वे की रिपोर्ट गांधी जयंती के अवसर पर कल जारी की गई भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल अभियान के अन्तर्गत विभिन्न स्टेशनों पर इस वर्ष भी सफाई व्यवस्था को लेकर थर्ड पार्टी सर्वे करवाया गया इसमें रेलवे के सभी जोन में उत्तर पश्चिम रेलवे अव्वल रहा

गौरतलब है कि उत्तर पश्चिम रेलवे को पिछले साल भी स्वच्छता सर्वे में सभी जोन में पहला स्थान प्राप्त हुआ था

ये रेलगांडी दिल्ली से कटरा का सफर आठ घंटे में पूरा करेगी

इसके अलावा भी यात्रियों के लिए कई सुविधाएं इसमें उपलब्ध है

इसके साथ ही चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी